लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम थम जायेगा

गौरतलब है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में प्रचार आज शाम समाप्त होना था लेकिन कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद निर्वाचन आयोग ने प्रचार अवधि में कटौती कर दी थी

केन्द्र और सीबीएसई को इस मामले में एक जुलाई तक अपना जवाब देना होगा यह याचिका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की तरह ही लाभ दिलवाने के लिये दायर की गई है देश के पहले लोकपाल और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चन्द्र घोष ने कल लोकपाल की वेबसाइट का लोकार्पण किया नेशनल इफॉर्मेटिक सेंटर एनआईसी द्वारा तैयार इस वेबसाइट के लोकार्पण के दौरान लोकपाल के सभी सदस्य और एनआईसी के महानिदेशक भी मौजूद थे वेबसाइट में लोकसभा के कामकाज को लेकर भी मौलिक जानकारियां उपलब्ध कराई गई है

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जोधप्र के बेरीगंगा क्षेत्र की भूमि को सीमांकन नहीं होने तक वन भूमि मानते हुए यहां खनन और गैर वानिकी गतिविधि चलाने पर रोक लगा दी है ट्रिब्यूनल ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर को इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं आदेश के अनुसार ऐसी गतिविधि होने पर मंडोर पुलिस थाने के थानाधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा

राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस मगराज कल्ला का कल जयपुर में निधन हो गया

जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया उनके निधन की सूचना पर न्यायिक जगत में शोक की लहर छा गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्वांजलि अर्पित की

पुलिस के अनुसार इस मामले में तेजी से सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किए जाएंगे मामले की फास्ट ट्रैक पर सुनवाई की जाएगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के प्रयास होंगे प्रदेश में डेंगू के बारे में जनचेतना जागृत करने के लिए डेंगू पखवाडा मनाया जा रहा है

इस बीच राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर कल प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए

प्रदेश में मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास योजना सहित कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अजमेर जिला प्रथम स्थान पर रहा है जबकि झुंझुनू ने दूसरा और भीलवाड़ा ने तीसरा स्थान हासिल किया है यह जानकारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने दी है अजमेर के जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष अजमेर और झुंझुनूं समान अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पर थे उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में सरकारी योजनाओं की कार्यप्रणाली के आधार पर राज्य के सभी जिलों की रैंकिंग राज्य स्तर पर जारी की जाती है

यह चूरा तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था पिछले दिनों उदयपुर में चलाए गए अभियान के तहत प्रलिस ने अब तक हजारों टन डोडा चूरा बरामद किया है प्रदेश में गर्मी के दौरान पानी की समस्या गहरा जाने से नाराज लोग कई स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं अजमेर के वैशाली नगर में लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मटके फोडे

जयपुर के बाहरी इलाको में भी पानी की किल्लत देखी जा रही है अजमेर रोड और जगतपुरा में बडी संख्या में बने बहुमंजिले इमारतों के निवासी सरकार से बहुमंजिला फ्लेटों में भी पानी का कनेक्शन देने की मांग कर रहे है गौरतलब है कि अब तक बहुमंजिला फ्लेटों में पानी का कनेक्शन देने को लेकर सरकार कोई नीति नहीं बना पाई है पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश का दौर जारी है

सीकर में इन दिनों लगातार अंधड आ रहा हैं कल देर रात फतेहपुर शेखावाटी में आये अंधड के कारण कई पेड और बिजली के खम्भे गिर गये

उधर नागौर में भी तेज आंधी के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया नागौर की कृषि मंडी में रखी अनाज की बोरियां खराब हो गई च्रू में भी रात को तेज अंधड आया और मध्यम दर्जे की वर्षा हुई

राजधानी जयपुर सहित झालावाड़ जालोर राजसमंद बाडमेर और पाली में भी लगातार अधंड और बारिश का दौर चल रहा है